सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नाईट कर्फ्यू सहित विभिन्न प्रतिबंधों की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले संवाददाताओं से बातचीत में इन प्रतिबंधों की घोषणा की

हालांकि लोग नौ बजे तक यहां से खाना पैक करा सकते हैं मुख्यमंत्री ने दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों से जल्द से जल्द बिहार वापस आने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को सभी चिकित्सकीय सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा जहां उपचार की सभी व्यवस्था की जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पूर्व सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग पर उच्चस्तरीय बैठक कर इन प्रतिबंधों पर निर्णय लिया बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी मौजूद हैं प्रदेश में कल कोरोना के सर्वाधिक सात हजार आठ सौ सत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है इस दौरान एक हजार आठ सौ चार मरीजों को उपचार के बाद छुंट्टी दे दी गयी वर्तमान में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या उनतालीस हजार चार सौ संतानवे हो गयी है वहीं स्वस्थ होने की दर घट कर छियासी दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कल एक लाख बीस हजार छह सौ तीन लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक प्रदेश में संतावन लाख तिरासी हजार दो सौ साठ लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से पचास लाख चौवालीस हजार पांच सौ ग्यारह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि सात लाख अड़तीस हजार सात सौ उनचास लोगों को दूसरी ख़्राक दी गयी है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के सर्वाधिक दो लाख इकसठ हजार पांच सौ मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान एक लाख अड़तीस हजार लोग ठीक भी हुए हैं वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या अठारह लाख से अधिक है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान पंद्रह लाख छियासठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है इस समय देश में दो हजार चार सौ तिरसठ प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है इनमें एक हजार दो सौ तैंतीस सरकारी और एक हजार दो सौ तीस निजी प्रयोगशालाएं हैं देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बारह करोड़ छब्बीस लाख से अधिक हो गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में छब्बीस लाख चौरासी हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए देश में कोविड टीकाकरण केन्द्रों की संख्या भी पैंतालीस हजार से बढ़कर साठ हजार से अधिक हो गई है केन्द्र सरकार ने बिहार में दो केंद्रों सहित विभिन्न राज्यों में एक सौ बासठ ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना को स्वीकृति दी है इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता एक सौ चौवन मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन संयंत्रों पर आने वाला दो सौ एक करोड़ रूपये का खर्च केंद्र वहन करेगा राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ईएसआई अस्पताल बिहटा में बिस्तरों की संख्या पचास से बढ़ाकर पांच सौ करने का निर्णय लिया है अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि दो से तीन दिनों के अंदर बिस्तरों को बढ़ाने की प्रक्रिया प्ररी कर ली जायेगी उन्होंने कहा कि अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू सहित इलाज की सभी सुविधा उपलब्ध है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अस्पतालों में कोविड उन्नीस के रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित करें उन्होंने कहा कि इससे राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या द्र की जा सकेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा मंत्रालय ने इन कोविड वार्डो और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों आईसीयू बिस्तरों वेंटीलेटरों प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की आवश्यकता और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है श्री अमृत ने कहा कि सरकार ने रेमडिसिविर दवा की आपात खरीद करने का भी निर्णय लिया है

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में बीस विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि बीस और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन डेढ लाख शीशी बढ जाएगी श्री मंडाविया ने कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप के बाद बडी दवा कंपनियों ने अपने रेमडेसिविर ब्रांड की कीमतें काफी कम कर दी है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल कोविड महामारी से लड़ाई में पूरी क्षमता के साथ लगी हुई है रेल मंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय रेल के सोलह जोन में चार हजार से अधिक कोविड कोच उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि इन कोचों को राज्य सरकारों के अनुरोध पर उपलब्ध करा दिया जाएगा श्री गोयल ने कहा कि रेल विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी चला रहा है जिनसे कोविड मरीजों के लिए भारी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है

उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है

अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया गया है जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन सत्ताईस अड्डाईस और तीस अप्रैल को होना था एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय महापर्व सम्पन्न हो जायेगा कोरोना संकट के मददेनजर व्रतियों ने अपने घरों में ही अस्थाई जलाशय बनाकर अर्घ्य देने की व्यवस्था की है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर के तापमान में चौथे दिन कमी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि झारखंड में चक्रवाती प्रभाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की सम्भावना है वहीं कुछ जगहों पर आंधी पानी के साथ ओले भी गिर सकते हैं

नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड की अरियामा पंचायत की कार्यकारी महिला पैक्स अध्यक्ष दमयंती देवी की आग से झुलस कर मौत हो गयी अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बोरिया से पुलिस ने एक वाहन से लगभग आठ सौ बोतल प्रतिबंधित दवा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है